बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी छात्रों को इन योजनाओं का लाभ के लिए चालू शैक्षणिक सत्र में पचहत्तर प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता से छूट दी गयी है सरकार के इस फैसले से पहली से बारहवीं कक्षा तक के दो करोड़ से अधिक छात्रों को लाभ होगा वहीं कैबिनेट ने प्रदेश की पंचायतों में वर्ष दो हजार छब्बीस तक आरक्षण के प्रावधानों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करने का भी फैसला किया है सरकार के इस फैसले के बाद अप्रैल मई में होने वाले पंचायत चुनाव में पूर्व की तरह चली आ रही आरक्षण व्यवस्था ही प्रभावी रहेगी वहीं कैबिनेट ने पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम खरीद के वास्ते एक सौ बाईस करोड़ रूपये मंजूर किये गये हैं एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने वित्त रहित हाई स्कूल और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए आठ सौ बयालीस करोड़ रूपये की मंजूरी दी है इस राशि से शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान किया जायेगा वहीं भोजपुर मेडिकल कॉलेज के लिए कैबिनेट ने पांच सौ पचास करोड़ रूपये की भी स्वीकृति दी है प्रदेश में अब तक छह लाख छप्पन हजार पांच सौ एक लोगों को कोविड के टीके दिये जा चुके हैं इसमें पांच लाख सड़सठ हजार से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज जबकि अठासी हजार आठ सौ अड़सठ लोगों को टीके की दूसरी डोज दी गयी है इधर टीकाकरण के तीसरे चरण के तहत आज से चिन्हित निजी अस्पतालों में सप्ताह के सातों दिन चौबीसों घंटे लाभुकों को कोविड के टीके दिये जायेंगे टीकाकरण के लिए वरिष्ठ नागरिक और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के बीमार लोग कोविन डॉट जीओवी डॉट इन और आरोग्य सेतु एप पर पंजीकरण करवा सकते हैं इसके अलावा सभी टीकाकरण केन्द्रों पर भी निबंधन करवाया जा सकता है निबंधन के लिए आधार कार्ड या अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र और मोबाईल नम्बर जरूरी है निबंधन के बाद लोग टीकाकरण के लिए अपने नजदीकी केन्द्र का चुनाव कर सकते हैं इधर राज्य सरकार ने तीसरे चरण में एक करोड़ इक्कीस लाख से अधिक लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है इसमें एक करोड़ से अधिक लोग साठ वर्ष से अधिक आयु के हैं जबकि पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के बीमार लोगों की संख्या बीस लाख से अधिक है एम्स पटना के कोविड मामलों के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने लोगों से कोविड टीके की पहली खुराक लेने के बावजूद मास्क पहनने और अन्य प्रकार की सावधानी बरतने की अपील की है

अब तक दो लाख साठ हजार छह सौ सत्तासी मरीज स्वस्थ हो चुके हैं कल कोविड के इकतालीस नये मामलों की भी प्रष्टि हुई है सबसे अधिक नवादा से ग्यारह मरीजों की पुष्टि हुई है वहीं पटना से नौ पॉजिटिव मामले सामने आये हैं तेईस जिले से कल एक भी पॉजिटिव मामला दर्ज नहीं किया गया इधर एनएमसीएच के एमबीबीएस अंतिम वर्ष के एक छात्र शुभेन्दु शेखर की कोरोना से मौत हो गयी कोरोना के लक्षण दिखने के बाद वह अपने घर बेगूसराय के दहिया में होम आईसोलेशन में रह रहे थे वहीं एनएमसीएच के नौ छात्र कोरोना संक्रमित मिले हैं इन छात्रों के लिए अस्पताल परिसर में अलग से आईसोलेशन सेन्टर बनाया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आय्रष्मान भारत के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पताल यदि मरीजों का इलाज करने से मना करते हैं तो उनकी मान्यता रद्द की जायेगी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने विधान परिषद में एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि कुछ अस्पतालों की मान्यता रद्द भी की गयी है श्री पांडेय ने बताया कि सत्रह फरवरी से तीन मार्च तक आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए चलाये गये विशेष अभियान के तहत आठ लाख तिरानवे हजार लोगों का कार्ड बनाया गया है केन्द्र सरकार की तर्ज पर बिहार सरकार शिक्षक दक्षता परीक्षा को नौकरी की उम्र तक के लिए मान्यता देगी विधान परिषद् में एक ध्यानाकर्षण के जवाब में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के प्रावधानों को राज्य सरकार लागू करती है और एसटीईटी के प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में भी परिषद् का फैसला ही प्रभावी रहेगा पशुपालन और मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि अब राज्य में सब्सिडी पर पश्पालकों को पश् चारा दिया जायेगा विधानसभा में विभागीय बजट पर चर्चा का जवाब देते हुये श्री सहनी ने कहा कि यह योजना जल्द शुरू की जायेगी उन्होंने कहा कि मछली पालकों की सुविधा के लिए प्रत्येक प्रखंड में मछली बाजार बनाये जायेंगे परम्परागत मछली पालकों को लाभ दिलाने के लिए मछुआरा आयोग का भी गठन होगा श्री सहनी ने बताया कि कृषि विभाग की तर्ज पर मछली पालकों को जाल नाव और मछली बेचने की किट उपलब्ध कराने के लिए नब्बे प्रतिशत तक अनुदान देने की योजना बनायी गयी है ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा है कि खेती के लिए अलग से बिजली कनेक्शन देने का काम अगले वर्ष मई महीने तक प्रा कर लिया जायेगा विधान परिषद में एक तारांकित प्रश्न के जवाब में श्री यादव ने कहा कि सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि संबंधन योजना के तहत किसानों की सूची तैयार कर ली है उन्होंने कहा कि कनेक्शन देने का अभियान भी शुरू है और अब तक दो हजार एक सौ पैंतीस किसानों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध करा दिये गये हैं राज्य सरकार ने कहा है कि जहरीली शराब पीने से मौत होने के मामले में मृतकों को निकटतम आश्रितों को चार लाख रूपये की सहायता राशि दी जायेगी मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि जहरीली शराब पीने से गम्भीर रूप से बीमार हुये लोगों को दो लाख और मामूली बीमार लोगों को बीस हजार रूपये राहत के तौर पर दिये जायेंगे मंत्री ने बताया कि यह सहायता राशि दोषी पाये गये शराब बनाने वाले और बेचने वालों से वसूली जायेगी पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र अन्तर्गत कॉलोनी मोड़ पर अपराधियों ने एक आभूषण दुकान से बीस लाख रूपये के जेवरात लूट लिये सिटी एसपी जितेन्द्र कुमार ने बताया कि देर शाम तीन की संख्या में आये अपराधियों ने हथियार के बल पर घटना को अंजाम दिया उन्होंने कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान जारी है प्रदेश के कई जेलों में आज तड़के छापेमारी की गयी है प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना के बेऊर जहानाबाद पूर्णियां कटिहार नवादा शेखपुरा समेत कई जेलों में छापेमारी हुई है छापेमारी के दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित रहें कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि छापेमारी में नशे के कई सामनों के साथ साथ अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गये हैं राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की विदेश यात्रा को लेकर नई गाईड लाईन जारी की है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अब सरकारी सेवकों को निजी तौर पर विदेश जाने से पहले कई महत्वपूर्ण जानकारियां देनी होंगी इसके तहत यात्रा की अवधि किस देश जाना है यात्रा का उद्देश्य अनुमानित खर्च और राशि का स्त्रोत भी बताना होगा साथ ही उन्हें बीते दस वर्षो में की गयी निजी विदेश यात्रा की भी जानकारियां देनी होगी आधार से मोबाईल नम्बर को लिंक कराने और मोबाईल नम्बर अपडेट करने के लिए डाक विभाग राज्यभर में विशेष शिविरों का आयोजन करेगा बिहार सर्किल के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि शिविर के आयोजन में सहयोग के लिए सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा गया है प्रदेशभर के मौसम के रूख में एक बार फिर बदलाव हुआ है पछुआ हवा की रफ्तार में तेजी आने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है पटना स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार इस तरह की स्थिति अगले दो दिनों तक बनी रहेगी उसके बाद एक बार फिर तापमान में बढ़ोतरी होने की सम्भावना है गया अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए विमान सेवा अट्ठाईस मार्च से शुरू होगी सप्ताह में चार दिन यह सेवा उपलब्ध रहेगी पिछले वर्ष लॉकडॉउन के बाद से गया हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए विमान सेवा बंद थी मुंगेर में पिछले साल दुर्गा पूजा में मूर्ति विर्सजन के दौरान हुई गोलीकांड की जांच अब सीआईडी करेगी पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिया है भोजपुर जिले की एक अदालत ने महिला का गलत ऑपरेशन करने वाले एक निजी अस्पताल के चिकित्सक पवन कुमार समेत चार लोगों को पांच पांच साल कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है भागलपुर जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र अन्तर्गत कसमांबाद दियारा में अगलगी की घटना में चार सौ से अधिक घर जलकर नष्ट हो गये पुलिस ने बताया कि इस घटना में कई जानवरों के भी मरने की आशंका है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 हिन्दुस्तान ने लिखा है राज्य सरकार ने साईकिल पोशाक के लिए पचहत्तर प्रतिशत हाजिरी की शर्त को खत्म किया दैनिक भास्कर ने लिखा है चौबीसों घंटे सातों दिन होगा कोविड वैक्सीनेशन निजी अस्पतालों में आधी रात को भी लग सकेगा टीका प्रभात खबर की सुर्खी है इलेक्ट्रिक बसों का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ सभी जिलों में पीपीपी मोड में खुलेंगे ड्राईविंग स्कूल दैनिक जागरण ने लिखा है हरियाणा में प्राईवेट सेक्टर में स्थानीय को पचहत्तर प्रतिशत आरक्षण दैनिक आज ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को प्रमुखता से प्रकाशित किया है जिसमें न्यायालय ने देश के सभी थानों में सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया है राष्ट्रीय सहारा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है बंदरगाह क्षेत्र में होगा भारी निवेश